सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए संविधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला उन्होंने न्यायधीशों को न्याय करते समय अपने विवक का भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा कि न्याय देने के लिए न्यायपालिका ने नये नये तरीके विकसित किए हैं जिन्हें मौजूदा सामाजिक वयवस्था ने भी अपना लिया है और ये लोगों के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने न्यायमूर्ति ललित को भारतीय न्यायपालिका का निडर सिपाही बताया खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि सरकार महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल गृहणी सुविधा योजना शुरू कर रही है इसके तहत भारत सरकार की उज्जवला योजना में शामिल न हो पाने वाली गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडरों की जमा राशि और गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मद्द दी जाएगी

चंबा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की मिंघल पंचायत के एक शिष्टमंडल ने विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में पंचायत समिति अध्यक्ष योगराज शर्मा व सदस्य कमला शर्मा के साथ कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की उन्होंने घाटी की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की

एक बयान में उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर को प्रभारी बनाया गया है और मंडल स्तर पर भी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने गुड़िया मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं गुड़िया मामला आरोपित की पहचान गिरफ्तारी कभी भी बजट पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जयराम सरकार का पहला बजट पारित दैनिक भास्कर शिक्षा मंत्री के हवाले से लिखता है समेस्टर सिस्टम खत्म किया जायेगा सालाना परीक्षा प्रणाली शुरू होगी पंजाब केसरी का कहना है पीटीए पैट पैरा और एसएमसी के लिए बनेगी नीति जबकि हिमाचल दस्तक के अनुसार रूसा के यू टर्न पर कांग्रेस का वाकआउट शिक्षा मंत्री बोले रूसा खत्म करने को नही कहा खामियां हटायेंगे हिमाचल में सस्ता होगा सीमेंट शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है उद्योग मंत्री ब्रिकम ठाकुर ने विधानसभा में किया एलान अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में अब सस्ता होगा सीमेंट कंपनियों पर सरकार बनायेगी दबाव दिव्य हिमाचल की एक खबर है हमीरपुर में बेची जमीन काठमांडू में जश्न तकनीकी विश्वविद्यालय जमीन घोटाले के बाद खरीददार संग नेपाल की सैर को गए थे राजस्व कर्मी केसीसी बैंक मामले पर अमर उजाला ने लिखा है केसीसी बैंक अध्यक्ष के विदेश दौरों की जांच करायेगी सरकार आपका फैसला के मुताबिक केसीसी बैंक अध्यक्ष की विदेश यात्राओं की होगी जांच

अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय रिश्तों की डोर में लिखता है कि हिमाचल प्रदेश में घर के बाहर ही अपराध के छीटें नहीं पड़ रहे बल्कि रिश्तों का कत्ल भी होने लगा है इससे प्रदेश की छवि को आघात पहच रहा है दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय में लिखा है कि हिमाचली भाषा को सही आयाम व पहचान दिलाने के लिए उन्नयन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए शीर्षक है बोलियों से हिमाचली भाषा तक